ऊर्जा विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की अब साप्ताहिक रुप से हर सोमवार को होगी समीक्षा

आईसीसी किकेट विश्वकप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैण्ड होंगे आमने सामने

अब आधार के दुरूपयोग पर एक करोड रूपये का जुर्माना देना पडेगा

इसमें भारतीय दंत चिकित्सक परिषद को और प्रभावशाली बनाने तथा परिषद की सदस्यता तथा राज्य परिषदों से संबंधित धाराओं को बदलने का भी प्रावधान है

आरबीआई एनबीएफसी और उनके कामकाज की नियमित रुप से निगरानी रख रहा है

इसके तहत पहली वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा नरेश पाल गंगवार ने कल विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की वीडियो कान्फ्रेन्स में ऊर्जा अंकेक्षण के तहत फीडरों पर लगाए गए मोडम और उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी

उपमुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने बताया कि वित्तीय स्वीकृति मिलते ही कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा

गौरतलब है कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश दिये थे

इस मामले की जांच कर रहे जोधपुर के संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी ने बताया कि ये रिपोर्ट अगले दो दिन में राज्य सरकार को भेज दी जायेगी

कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में खनन विभाग और वन विभाग की टीमें पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी उन्होंने जिले में अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगाये जाने की बात कही

इस बार नये प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी उनके जीवन साथी और सैन्य व पुलिस बलों के वरिष्ठ नागरिक भी इस साल तीर्थ यात्रा कर सकेंगे लेकिन यात्रा के लिये पात्र होने के साथ ही वे आयकर दाता नहीं होने चाहिये इसके साथ ही इस बार सीनियर सिटिजन नेपाल की यात्रा भी कर सकेंगे योजना में अब रेल यात्रा में दो और हवाई यात्रा में तीन सर्किट बढा दिये गये हैं इस वर्ष पांच हजार यात्री हवाई जहाज और इतने ही यात्री ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जायेंगे सहायक आयुक्त मुकेश कायथवाल ने बताया कि आवेदक देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

उत्तर पष्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि यात्री यूटीएस एप के जरिए अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं

श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही स्टेषनों पर क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध होगी जिससे यात्रियों को इस ऐप के प्रयोग करने में और सुविधा हो जायेगी उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट स्टेशन परिसर में ही बुक किए जा सकेंगे

जयपुर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कोई भी अधिवक्ता जीवाणु की पैरवी नहीं करेगा

हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो बैगों में ये दवाईयां मिली इसे लाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद तीन बजे शुरू होगा इस वर्ल्ड कप में लीग मैचों में भारत को केवल इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा

बेहतर रन रेट के आधार पर उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है